मास्क पहनें

हाथ और मुंह साफ रखें और आइए बढ़ते हैं अब समाचारों की ओर देश में अबतक सोलह करोड़ चार लाख से अधिक लोगों को कोविड के टीके लगाए गए हैं

राज्य में कोरोना संक्रमितों की सख्या बढ़कर दो लाख इक्यावन हजार से अधिक हो गयी है उनसठ हजार सात सौ से अधिक एक्टिव केस हैं अबतक सत्तर लाख पैंसठ हजार से अधिक नमूनों की जांच की गयी है राज्य में सबसे ज्यादा संक्रमित रांची जिले में हैं यहां कोरोना संक्रमितों की संख्या बहत्तर हजार से अधिक है पूर्वी सिंहभूम जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या छत्तीस हजार से अधिक है वहीं बोकारो और हजारीबाग जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या बारह हजार सात सौ से अधिक है जबकि धनबाद जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या बारह हजार दो सौ से अधिक है रामगढ़ जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर दस हजार से अधिक हो गयी है जबकि कोडरमा में नौ हजार से अधिक कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई है राज्य के हेल्थ केयर वर्कर फ्रंट लाईन वर्कर और पैंतालीस वर्ष से अधिक आयु के छब्बीस लाख से अधिक लोगों को कोरोना टीका का प्रथम डोज दिया जा चुका है वहीं पांच लाख उन्नीस हजार से अधिक लोगों को टीके के दोनों डोज दिए गए हैं राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि कल छह मई की सुबह छह बजे तक ही है स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि बढाने के लिए आज आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में वर्तमान स्थिति को लेकर चर्चा की जायेगी राज्य में लगातार कोरोना संकमण के मामले बढते जा रहे हैं

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट में बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण इन संयंत्रों के निर्माण के लिए नोडल एजेंसी होगा और युद्व स्तर पर यह कार्य पूरा करेगा उन्होंने बताया कि इंजीनियर जरूरतमंद रोगियों तक ऑक्सीजन आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए चिकित्सकों के साथ मिलकर काम करेंगे केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण प्रत्येक देशवासी की जान बचाने के लिए तेजी से यह कार्य पूरा करेगा रेलवे ऑक्सीजन एक्सप्रेस रेलगाडियों के माध्यम से देश के विभिन्न भागों में लगातार चिकित्सा ऑक्सीजन पहुंचा रहा है रेल मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि ऑक्सीजन टैंकर लेकर एक अन्य रेलगाडी टाटानगर से फरीदाबाद पहुंची है

श्री गोयल ने बताया कि गुजरात के हापा और मुंदरा से ऑक्सीजन टैंकर दिल्ली लाया गया है उन्होंने कहा कि इससे दिल्ली में कोविड रोगियों के लिए ऑक्सीजन की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित होगी श्री गोयल ने कहा कि रेलवे के माध्यम से लाए गए ऑक्सीजन का उपयोग अस्पतालों में कोविड रोगियों के उपचार में किया जाएगा भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने कोविड जांच के लिये परामर्श जारी कर कहा है कि रैपिड एंटीजन टेस्ट अथवा आरटी पीसीआर जांच में एक बार पॉजिटिव घोषित हो चुके व्यक्ति को अस्पताल से छुट्टी देते समय दुबारा यह जांच कराने की जरुरत नहीं है कोरोना के लक्षण वाले ऐसे लोगों की ही आरटी पीसीआर जांच करानी चाहिए जिनकी एंटीजन जांच नेगेटिव है एक राज्य से दूसरे राज्य में गए स्वस्थ व्यक्ति का आरटी पीसीआर जांच कराना भी प्ररी तरह बंद किया जाना चाहिए ताकि प्रयोगशालाओं पर दबाव कम हो परिषद ने कहा है कि संक्रमण फैलने से रोकने के लिए जरुरी है कि कोरोना के लक्षण वाले लोग गैर जरुरी और दूसरे राज्यों की यात्रा न करें परिषद के अनुसार सचल जांच प्रयोगशालाओं को जीईएम पोर्टल से जोड़ दिया गया है और राज्यों को चाहिए कि ये इसका उपयोग कर सार्वजनिक और निजी प्रयोगशालाओं में आरटी पीसीआर जांच में तेजी लाएं परिषद ने यह भी कहा है कि सभी सरकारी और निजी स्वास्थ्य केंद्रों में रैपिड एंटीजन टेस्ट की अनुमति दी जानी चाहिए और इस जांच के लिए शहरों तथा गांवों में विशेष बूथ लगाए जाने चाहिए

ताजा समाचार ट्विटर हैंडल

आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल

एसोसिएशन के महानिदेशक लेफ्टीनेंट जनरल डॉ एस पी कोचर ने कहा है कि इससे स्थानीय अनुसंधान और विकास में तेजी आएगी

इसमें उपकरणो की खरीद और स्थापना के लिए दो महीने की अवधि शामिल है

उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया पंजाब हरियाणा उत्तरप्रदेश मध्य प्रदेश राजस्थान उत्तराखंड चंडीगढ़ हिमाचल प्रदेश दिल्ली गुजरात जम्मू कश्मीर और बिहार में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद सुचारू रूप से चल रही है

मौजूदा खरीद प्रक्रिया में लगभग एक करोड़ आठ लाख किसानों को लाभ मिला है तृणमूल कांग्रेस नेता ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में आज शपथ ग्रहण किया उन्हें राज्यपाल जगदीप धनखड ने राजभवन में आयोजित समारोह में पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलायी ममता बनर्जी तीसरी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी है जामताड़ा जिले में कोरोना संक्रमण के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए नमूना संग्रह जांच एवं टीकाकरण अभियान लगातार जारी है स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दूसरे चरण एवं सरकारी दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराया जा रहा है

भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड बीसीआई के सचिव जय शाह ने कहा कि हर खिलाड़ी की सुरक्षा बोर्ड की प्राथमिकता है बाकी मैच रद्द करने का फैसला सनराइजर्स हैदराबाद के विकेट कीपर बल्लेबाज वृद्विमान साहा और दिल्ली कैपिटल्स के लेग स्पिनर अमित मिश्रा के कोविड पॉजिटिव पाए जाने के बाद लिया गया इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के भी दो दो खिलाड़ी पॉजिटिव पाए गए थे चेन्नई के बैटिंग और बॅलिंग कोच भी पॉजिटिव घोषित किए गए थे

ये चारो खिलाड़ी जुन जुलाई में इंग्लैंड का मल्टी फॉर्मेट दौरा पूरा होने के बाद भी ब्रिटेन में ही रुकी रहेगी

तीन मैचों की एकदिवसीय श्रृंखला भी इसी बीच खेली जाएगी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब से कुछ ही पलों में कोडरमा में दो सौ पचास बेड वाले कोविड अस्पताल का ऑन लाईन उद्घाटन करेंगे

इस दौरान तापमान सामान्य रहेगा मौसम विज्ञान केंद्र रांची के विशेषज्ञ अभिषेक आनंद ने बताया कि पश्चिमी विछोभ के कारण रांची सहित पूरे राज्य में वर्षा हो रही है